वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि कडी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेश बढाने के वास्ते नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि कोयला खनिज रक्षा उत्पादन सहित आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में सुधारों की योजना बनाई गई है

सरकार कोयले की खुली नीलामी करेगी अब कोई भी कोयला खादान के लिए बोली लगा सकेगा शीघ्र ही पचास खदानों की नीलामी की जाएगी

उत्तर प्रदेश के औरैया में आज सुबह हुई दुर्घटना में बोकारो के बारह मजदूरों की मौत हुई है और कई अन्य श्रमिक घायल हुए हैं बोकारो विधानसभा के खिराबेड़ा गांव के दो दर्जन से ज्यादा युवा मजदूरी करने राजस्थान गए हुए थे खबर मिली है कि जो ट्रक द्र्घटनाग्रस्त हई है उसी से वे सभी अपने घर वापस लौट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर गहरी संवेदना जताई है वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि यह अत्यंत मर्माहत करने वाली घटना है घटना की सूचना मिलने पर विधायक विरंची नारायण ने खिराबेड़ा जाकर ग्रामीणों को ढ़ाढ्स बंधाया

सभी मृतक डुमरसोता गांव के मिश्रा टोला के रहनेवाले थे ये सभी युवक सुबह करीब छह बजे सोन नदी में नहाने के लिये निकले थे इसी बीच अचानक वे गहरे पानी में डूब गये घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे गोताखोरे ने काफी मशक्कत के बाद सभी शवों को नदी से बाहर निकाला

जिले में ग्यारह और कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि सभी जिला के अधिकारी और झारखण्ड पुलिस यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह झारखण्ड का हो या दूसरे राज्य का पैदल अपने गंतव्य को ना जाये

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि तमिलनाडु मुंबई समेत देश के अन्य स्थानों पर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के कई आदिवासी कामगार फंसे हुए हैं उन्होंने बताया कि मुष्किल में फंसे लोग घर वापसी में मदद के लिए लगातार उन्हें फोन कर रहे है श्री दास ने इन सभी को वापस लाने में राज्य सरकार से आवष्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है इधर भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने चुनाव आयोग के निर्णय के बाद विधानसभा अध्यक्ष से बाबूलाल मरांडी को अविलंब नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की है

देष के विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज भी विषेष श्रमिक रेलगाड़ियां झारखंड के विभिन्न स्टेषनों पर पहुंची महाराष्ट्र के रत्नागिरी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम कोडरमा पहुंची

इधर महाराष्ट्र के पनवेल में फसे झारखंड के विभिन्न जिलों के सोलह सौ मजदूरों को लेकर देर रात श्रमिक स्पेषल ट्रेन डालटनंज स्टेषन पहुंची वहीं तमिलनाडु से चली श्रमिक स्पेषल ट्रेन आज टाटानगर स्टेषन पहुंची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

हजारीबाग में दो प्रसूति महिलाओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चल रहे श्रीनिवास अस्पताल में स्त्री रोग विभाग से संबंधित मरीजों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है

कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह ने आज सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना का निरीक्षण किया